कोविड महामारी के खिलाफदेश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियातीउपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी

उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भवन सांसदों की कृशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आध्निक सुविधाओं से लैस होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अन्भव से विकसित हुआ है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और ग्ंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माणकरना आवश्यक हो गया था यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण एक ऐतिहासिक अवसर है

इसमें प्रानी संसद के म्काबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे नया भवन अत्याध्निक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा नया लोकसभा परिसर मौजूदा परिसर से तीन गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भी पहले के मुकाबले बड़ा होगा नएभवन की सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला शिल्पतथा वास्त्कला के विविध रूपों के अन्रूप होगी वीडियो मॉकटेस्ट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दवारा राज्य में ऑनलाइन परीक्षा के प्रशिक्षण के लिए वीडियोमॉकटेस्ट का श्भारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्च्अल और अन्य माध्यमों से ऑनलाइन परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था विकासखण्ड तहसील और जिला स्तर पर भी की जाए उन्होंने कहा कि यह स्निश्चित किया जाय कि ऑनलाइन परीक्षा होने से पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी नियमों की जानकारी हो

उन्होंने बताया कि आयोग दवारा पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं

ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है

किसान ट्रेन उत्तर रेलवे की व्यापार विकास इकाई म्रादाबाद की ओर से कृषि उत्पादों के लिए किसान रेल नाम से स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है इसके लिये देहरादून की कृषि उत्पादन मंडी समिति से बातचीत की गई है इसके तहत सब्जी व फलों की आवाजाही करने वाले व्यापारियों के नाम और नम्बर के साथ ही सामान आने और जाने के स्थान का भी विवरण मांगा गया है देहरादन स्टेशन के मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक विवेक कुमार घई का कहना है कि इससे किसान अपने फल सब्जी और अन्य उत्पादों को दूसरे राज्यों तक कम समय और कम किराये में आसानी से पहुंचा सकेंगे

देहरादून की निरंजनप्र स्थित कृषि मंडी के सचिव विजय प्रसाद थपलियाल का कहना है कि रेलवे की ओर से किसान रेल संबंधी प्रस्ताव आया है इसके लिए तैयारी की जा रही है

मंगलेश डबराल हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार मंगलेश डबराल का निधन हो गया है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने साहित्य अकादमी प्रस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रख्यात लेखक कवि और पत्रकार मंगलेश डबराल के निधन पर द्ःख व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि मंगलेश डबराल के निधन से हिंदी साहित्य जगत के साथ ही पत्रकारिता को भी बहत बड़ी क्षति हई है उन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत में उच्च कोटी के साहित्यकार और कवि के रूप में अलग पहचान बनाई उनकी अदभूत साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी मंगलेश डबराल के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि साहित्यकार मंगलेश डबराल अपनी कविताओं गदय और अनुवाद के कारण साहित्य जगत में विशेष पहचान रखते थे उनके प्रसिद्ध रचनाओं में पहाड़ का लालटेन घर का रास्ता जैसे कई साहित्य शामिल थे मानवाधिकार दिवस आज मानवाधिकार दिवस है

इसके तहत मानव गरिमा समानता और अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय स्वतंत्रता और शांति की ब्नियाद के रूप में स्वीकार किया गया है

इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया इसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विश्व मानवाधिकार दिवस पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार है स्वतंत्रता और समानता मानवाधिकार के दो महत्वपूर्ण विषय है उन्होंने कहा कि हमें मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक सम्पादन करना चाहिए मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल से बर्फबारी हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक कल देर रात से अगले बारह घंटों के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है जबकि कहीं कहीं हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है राज्य के मैदानी क्षेत्रों विशेषकर हरिदवार और उधमसिंह नगर जिलों में मध्यम से धना कोहरा छाये रहने की संभावना है हालांकि उसके बाद मौसम शृष्क रहेगा बाल सुधार गह प्रदेशभर में थानों में बाल अपराधियों के लिए बाल सृधार गृह बनाये जाएंगे इसकी शुरूआत देहरादून के डालनवाला थाने से कर दी गई है यहां पर बाल अपराधियों के अन्कूल माहौल तैयार किया गया है थाने में बाल अपराधियों की काउंसलिंग के लिए पुलिस के साथ बाल आयोग की टीम भी मौजूद रहेगी थानों में अलग से बाल सुधार गृह बनाये जाने का उददेश्य जाने अनजाने अपराध में शामिल होने वाले बच्चों का सुधार करके उन्हें वापस शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है

जिले में इस अभियान के तहत अब तक लगभग चार हजार से अधिक मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया है इसके अलावा नाम हटाने और अशुद्ध प्रविष्टियों को सही करने का कार्य भी किया जा रहा है